रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्द्वन ने इसे जारी किया डॉ हर्षवर्द्वन ने इस दवा को विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा डॉक्टर रेडडीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि यह दवा कोरोना वायरस को बढने से रोकने में काफी हद तक कारगर है

इसके लिए डॉ शर्मा ने डब्ल्यू एच ओ का आभार जताया है इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन जनप्रतिनिधि और भामाशाह भी आगे आ रहे हैं

इधर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि बीकानेर जिले के देशनोक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जल्द ही स्थापित किया जाएगा साथ ही नगर पालिका को विधायक कोष से एक एम्बुलेंस दी जाएगी

इधर जिले के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा आज सवाईमाधोपुर पहुंचे जहां वे जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कोविड की स्थिति और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीकर में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मंगलूना गांव का दौरा कर संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने घर घर किये जा रहे सर्वे और मेडिकल किट वितरण के बारे में जानकारी दी

मेडिकल जनरल क्लीनिकल इंफेक्शन डिजीज में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोवैक्सीन डबल म्यूमेंट स्ट्रन सहित कोरोना वायरस के मुख्य वैरिएंट्स को बेअसर करने में सफल है राष्ट्रीय विषाणु संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह अध्ययन किया था

इस दौरान उदयपुर सिरोही राजसमंद ड्रंगरपुर पाली जालौर सहित अन्य जिलों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है इसे देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढाते हुए लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की है इस बीच राज्य सरकार ने तूफान से संभावित असर वाले क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की टीमों को तैनात किये जाने और स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कल वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सीएमएचओ और सिविल डिफेंस अधिकारियों को मिलकर कंटनजेन्सी प्लान बनाने को कहा

अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि गुरू शंकराचार्य की आज जयंती है शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना कर धर्म संस्कृति और नव चेतना का जागरण किया इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट संदेश में कहा कि शंकराचार्य भारतीय ज्ञान परम्परा और चिंतन धारा के शिखर प्रुष हैं इधर आज मंहान कवि सूरदास की भी जयंती मनाई जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सूरदास जी की रचनाएं भक्ति साहित्य में अपना अमिट स्थान रखती हैं